पांच सदस्यों की संवैधानिक पीठ ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में अयोध्या में विवादित जमीन को केन्द्र को सौंपे जाने का निर्णय लिया साथ ही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केन्द्र को तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट का गठन करने का निर्देश भी दिया फैसले के अनुसार शीर्ष अदालत ने जहां दो दशमलव सात सात एकड़ विवादित भूमि रामलला को आवंटित की वहीं मजिस्द निर्माण के लिए अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक संदेश में लोगों से शांति सद्भाव और एकता बनाए रखने की अपील की है उन्होंने कहा कि इस फैसले को किसी की जीत या हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से न्यायिक प्रक्रिया में आम आदमी का विश्वास और ज्यादा मजबूत होगा वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इसका सभी को सम्मान करना चाहिए वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस अदालत के फैसले का सम्मान करती है सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सकारात्मक और सफल प्रयास से ही करतारपुर कॉरिडोर संभव हो पाया है इसके उद्घाटन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद करोड़ों लोगों को हर वर्ष गुरू नानक जी की जन्मस्थली ननकाना साहिब होते हुए करतारपुर साहिब के दर्शन करने का अवसर मिलेगा गणेशदत्त प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेशदत्त ने ग्लोबल इन्वैस्टर्स मीट को राज्य के आर्थिक भविष्य के लिए प्रभावशाली शुरूआत बताया है उन्होंने इसके सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी

उन्होंने कहा कि इन्वैस्टर्स मीट के सकारात्मक परिणाम शीघ्र ही देखने को मिलेंगे

अभियान की तैयारियों को लेकर कल्लू में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों की एक बैठक हुई इसकी अध्यक्षता करते हुए एडीएम अक्षय सूद ने बताया कि इस अभियान के लिए प्रदेश स्तर पर व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है इसी के अनुसार सभी विभाग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे उन्होंने अधिकारियों को अभियान के लिए पूरी तैयारी करने और प्रत्येक दिन के लिए विभिन्न गतिविधियों का कैलेंडर बनाने के निर्देश दिए उन्होंने बताया कि एक माह के अभियान के दौरान प्रभात फेरियों नुक्कड़ नाटकों संगोष्ठियों और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों विशेषकर युवाओं को नशे के विरूद्व जागरूक किया जाएगा इस दौरान सभी स्कूलों में बच्चों को नशा विरोधी शपथ दिलाई जाएगी

इस अवसर पर विधायक नरेन्द्र ठाक्र ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों के समग्र विकास के लिए कृतसंकल्प है उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता करवाना सरकार की नई पहल है और इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में देश भक्ति एकता और अनुशासन की भावना को विकसित करना है उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने स्वच्छता अपनाने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया क्षय रोग बिलासपुर जिले में क्षय रोग को जड़ से खत्म करने के लिए अलग अलग कमेटियां गठित की गई है

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर क्षय रोगियों की पहचान करेगी ताकि उनका शीघ्र इलाज आरंभ किया जा सके उन्होंने बताया कि मरीजों को नियमित दवाई देने और काउंसलिंग के साथ साथ उन पर निगरानी भी रखी जाएगी